्र प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव के लिये मतगणना जारी

पीठ मामले की पहली सुनवाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में करेगी

यहां प्राथमिक विद्यालय पिछले सप्ताह सोमवार से खुल गए थे कश्मीर के शिक्षा निदेशक यूनुस मलिक ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति में काफी सुधार हुआ है इस बीच कल तक दस और पुलिस थाना क्षेत्रों से पाबंदियां हटा ली जाएंगी

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने ये जानकारी दी उन्होंने इसके लिये तय किए जाने वाले नियमों के बारे में कल नई दिल्ली में व्यापक विचार विमर्श किया बैठक में सांसदों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा मीडियाकर्मी भी मौजूद थे

रिजर्व बैंक द्वारा जारी समिति की रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया था कि अगले वित्तीय वर्ष से रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से जून के स्थान पर अप्रैल से मार्च के वित्तीय वर्ष के अनुरूप कर दिया जाना चाहिए इससे रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान किए जाने वाले अंतरिम लाभांश की आवश्यकता कम होगी

यूजीसी सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से कहा है कि वे विद्यार्थियों शिक्षकों और कर्मचारियों को फिटनेस की शपथ दिलाने के कार्यक्रम की तैयारियां करें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में यह शपथ दिलाएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि सरकार देश को स्वस्थ रखने के लिए फिट इंडिया अभियान शुरू करेगी

श्री पायलट ने शासन सचिवालय में आयोजित एक बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गुणवत्ता मापदण्डों में लापरवाही बरतने वाली फर्मों को चिन्हित करने और गुणवत्ता के लिए उपलब्ध फण्ड का समुचित उपयोग करने पर जोर दिया

कल जयपुर में जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं से जुड़ी समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आमतौर पर वर्षा की कमी के कारण प्रदेश में पानी को किल्लत बनी रहती हैं ऐसे में दीर्घकालीन जल परियोजनाएं ही इस समस्या का स्थायी समाधान है उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं के प्रस्ताव विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करने और उनके कियान्वयन पर सघन निगरानी रखने के निर्देश दिये बैठक में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जल परियोजनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया

इससे पहले कल सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ

दो लोगों को गंभीर हालत में पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है ये लोग छत्तरगढ के पास ठहरे हुए थे

पुलिस मामले की जांच कर रही है

बारां जिला मुख्यालय पर सुबह से रूक रूक कर बारिश हो रही है मौसम विभाग ने आज जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी है जालौर में भी आज बारिश हो रही है

यहां तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है

कोटा बैराज के दस गेट खोलकर एक लाख छह हजार क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है